प्रदेश में बारह लाख मछुआरों का बीमा करेगी सरकार

और राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में हयी बारिश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह ग्यारह बजे देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की बासठवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और द्ररदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा यह आकाशवाणी द्रदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है गोपालगंज जिले की एक अदालत ने पुलिस उत्पीड़न के मामले में पूर्व एसपी रवि रंजन कुमार समेत चार अन्य पूलिस अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया है अदालत ने डीजीपी के माध्यम से वारंट का तामिला कराने का आदेश दिया है मामले में अगली सुनवाई अठारह मार्च को होगी गौरतलब है कि आरोपियों पर वर्ष दो हजार सोलह में दूर्गापूजा के दौरान मूर्तियों के विसर्जन के समय दो पक्षों में हिंसक झड़प के बाद एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप है ग्रामीण कार्य विभाग ने बीस कार्यपालक अभियंताओं से सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा है विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तीन अभियंताओं को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पहले ही निलंबित किया जा चुका है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सरकार राज्य के बारह लाख मछुआरों का बीमा करायेगी बीमित मछ्आरों को किसान क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा कृषि मंत्री ने कहा कि बीमा की राशि में पचास प्रतिशत केंद्र सरकार और पचास प्रतिशत राज्य सरकार देगी उन्होंने कहा कि मछ्आरों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी जोड़ा जायेगा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को अब तक पचास हजार आठ सौ पचास करोड़ रुपये वितरित किए हैं जिससे आठ करोड़ छियालीस लाख किसान परिवारों को लाभ मिला है योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में हर साल छह हजार रुपये किस्तों में अंतरित किए जाते हैं शिक्षा विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों को कॉपियों की जांच के लिये लगाया गया है वे अगर तय समय में योगदान नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी और उन्हें निलंबित किया जायेगा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने कहा है कि इसका निर्देश संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है श्री महाजन ने कहा कि जो शिक्षक हड़ताल में नहीं रहकर योगदान देना चाहते हैं वे अविलंब योगदान करें राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कल तेज बारिश हुयी इस दौरान कैमूर के दूर्गावती में ओले भी गिरे जबकि बक्सर और नालंदा में अच्छी बारिश हुयी है पटना में एक दशमलव तीन मिलीमीटर और गया में नौ दशमलव तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी बारिश के दौरान सारण में दो और रोहतास जिले में तीन लोगों की ठनका गिरने के कारण मौत हो गयी इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बारिश होने की संभावना बनी है कृषि वैज्ञानिक अनिल झा ने बताया है कि कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हयी बारिश से रबी की फसलों को कुछ नुकसान पहुंचा है लेकिन आम और लीची की फसल को काफी फायदा हुआ है किसानों को पौधों को धोने की समस्या से निजात मिल गयी है अब बेहतर मंजर आने की उम्मीद बढ़ गयी है नीति आयोग की अग्रणी पहल अटल नवप्रवर्तन मिशन से देशभर में नवाचार और उद्यमिता को काफी बढ़ावा मिला है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में चौबीस फरवरी दो हजार सोलह को अटल नवप्रवर्तन मिशन शुरू करने की मंजूरी दी गई थी मिशन के अंतर्गत विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं जिससे युवा प्रतिभाओं में जिज्ञासा सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा दिया जा सके इसका उद्देश्य कल्पनाशीलता को डिजाइन करने में कुशल बनाना और कंप्यूटर के माध्यम से सोच विचार की प्रवृति को बढ़ावा देना भी है बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है इकतीस मार्च तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा इस दौरान बाईस बैठके होंगी साथ ही पिछले सत्रों के दौरान पारित विधेयकों को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद सदन के पटल पर रखा जायेगा वहीं पच्चीस फरवरी को वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट पेश किया जायेगा भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने इलेक्ट्रीक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिये ऊर्जा मंत्रालय की कंपनी एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत पटना मुजफ्फरपुर बिहारशरीफ और भागलपुर में इलेक्ट्री वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे बीएसएनएल के एक अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन को निर्माण ऊर्जा मंत्रालय की कंपनी करेगी जबकि रख रखाव बीएसएनएल के कर्मचारी करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निबंधित सरकारी अस्पतालों में सौ मरीजों पर दो आरोग्य मित्र बहाल किये जायेंगे राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के कार्यपालक निदेशक लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिन अस्पतालों में सौ से अधिक मरीज होंगे वहां दो आरोग्य मित्र नियुक्त किये जा सकते हैं पटना जिले में पुलिस ने अथमलगोला क्षेत्र से पंद्रह लाख रूपये की अवैध शराब को जब्त किया है साथ ही परसा बाजार से शराब के साथ आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है पटना के खगौल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक दुकान मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी वहीं भोजपुर जिले के आरा शहर के शीतल टोला मोहल्ले में अपराधियों ने एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है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 हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर सुर्खी दी है बिहार में दो सौ से अधिक सीटें जीतेंगे दैनिक जागरण लिखता है नड्डा का एलान नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे विधान सभा चुनाव दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है अस्सिटेंट कमांडेंट का हत्यारा नक्सली सिद्ध की हिरासत में मौत प्रभात खबर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हवाले से सुर्खी दी है नीतीश के नेत्रत्व में बनेगी अगली एनडीए सरकार

प्रदेश में बारह लाख मछुआरों का बीमा करेगी सरकार

और राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में हुयी बारिश